सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

कुषि ढांचा कृषि ढांचागत कोष ने आठ हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है कोष में निवेश से कई कृषि परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगाए जिससे देश के किसानों को फायदा होगा

इसके बाद कृषि उदयम और किसानों ने आवेदन किया है कोष से कृषि परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए ऋण स्विधा प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपए बैंक और वित्तीय संस्थाओं से तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे असम भूकम्प असम में आज सुबह छह दशमलव चार तीव्रता का भूकम्प का झटका महसूस किया गया इसका केन्द्र सोनितपुर में था राज्य में किसी भी बडे नुकसान की खबर नहीं है राज्या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यि कार्यकारी अधिकारी जी डी त्रिपाठी ने बताया कि कुछ लोग घायल हुए हैं उन्होंने कहा कि कई अपार्टमेंट होटलों और इमारतों में दरारे आई हैं कुछ स्थानों पर बिजली और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम के मुख्युमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया

प्रदेश के भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के विशेष विमानों से ऑक्सीजन टैंकर प्रतिदिन बोकारो और जामनगर भेजे जा रहे हैं

इसी तरह प्रदेश के आठ जिलों बालाघाट धार दमोह जबलपुर बड़वानी शहडोल सतना और मंदसौर में डेबेल तकनीक के आधार पर चलने वाले ऑनसाईट ऑक्सीजन गैस जनरेटर प्लांट लगाए जा रहे हैं देश कोरोना देश में आज कोरोना संक्रमित रोगियों की रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है

भारत में कोविड महामारी की शुरूआत से अब तक की यह एक दिन में सर्वाधिक संख्या है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास अभी एक करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं

आईपीएल क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में चेन्नई सुपरकिंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मैच शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा वहीँ कल रात अहमदाबाद में रॉयल चौलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स पर एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की इस जीत के साथ रॉयल चौलेंजर्स बेंगलोर छह मैचों से दस अंक के साथ अंकतालिका में शीर्ष पर आ गया है दिल्ली कैपिटल्स छह मैचों से आठ अंक के साथ तीसरे स्थान पर है